प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया इससे बचाव की तैयारी में मिली मदद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय राज्य सरकार ने एक बार फिर शुरू किया है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है हर्षोल्लास से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

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया है श्री मेहरा ने बताया कि तीनों नगर निगमों में शहरी सरकार च्चनने के लिए मतदाताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मतदान किया

प्रदेश के तीन नगर निगमों जयपुर ग्रेटर जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा

एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण के शुरूआती दौर में सम्यक उपाय किए जाने से सरकार को इससे बचाव की तैयारी में मदद मिली

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में संक्रमण से ठीक होने की दर लगातार बढ रही है और इलाज करा रहे लोगों की संख्या कम हो रही है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

राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए एक बार फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया है यह काम सिर्फ कुछ दिन तक ही सीमित न रहे पूरी प्राथमिकता के साथ इसे निरन्तर जारी रखा जाए उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान की सफलता के लिए गठित राज्य स्तरीय कोर ग्रूप जिलों में की जा रही कार्रवाई तथा अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करे

अभियान के तहत जयपुर में कल चौथे दिन खाद्य निरीक्षकों के दल ने जामडोली फ्लेरा शाहपुरा और जगतपुरा में कार्यवाही की

श्री शेखावत ने कहा कि इसके अंतर्गत विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक सुरक्षा और संचालन संबंधी सुधार के लिए चुने हुए बांधों को धन उपलब्ध कराएंगे

राष्ट्रपति रामनाथ कोंविद और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडु ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है राज्यपाल कलराज मिश्र ने पैगम्बर मोहम्मद के जन्म दिन मिलाद उन नबी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है श्री मिश्र ने पैगम्बर मोहम्मद के आदर्शों को आत्मसात करने पर जोर देते हए अमन और शांति के लिए कार्य करने का आहवान किया